नवा रायपुर रिथित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान में आज प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया समारोह में उनहत्तर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आज आरक्षण की प्रशिक्र या लॉटरी के जरिये संपन्न हई इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तेरह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तीन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सात और सामान्य वर्ग के लिए चार जिला पंचायत को आरक्षित किया गया रायपुर और मुंगेली जिला पंचायत को सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है लॉटरी के जरिये आरक्षण की यह कार्यवाही दो हजार ग्यारह की जनगणना के आधार पर की गई है लॉटरी के माध्यम से हुई आरक्षण की प्रशिक्र या में रायपुर मुंगेली बिलासपुर और गरियाबंद जिला पंचायत को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है इसी तरह दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर कांकेर कोण्डागांव बस्तर सूरजपुर सरगुजा बलरामपुर कोरिया कोरबा और जशपुर जिले में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होंगे इनमें से सात जिला पंचायत को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है वहीं बालोद कबीरधाम और धमतरी जिला पंचायत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा इनमें धमतरी और कबीरधाम जिला पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है इसी तरह राजनांदगांव महासमुंद बेमेतरा जांजगीर चांपा रायगढ़ बलौदाबाजार भाटापारा और दुर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है इनसे से चार जिला पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी हाईकोर्ट महापौर चुनाव प्रदेश में महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है इस मामले की अगली सुनवाई अब अट्ठाईस नवंबर को होगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी आज मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में महापौर चुनाव को लेकर बदलाव करने का फैसला किया है इसके तहत अब महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा संसद शीतकालीन सत्र संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है तेरह दिसम्बर तक चलने वाले इस सत्र में बीस बैठकें होगी सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद में सदभावपूर्ण वातावरण में खुलकर चर्चा होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र की खास बात यह है कि यह वर्ष दो हजार उन्नीस का आखिरी सत्र और राज्यसभा का दो सौ पचासवां सत्र है

राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र पति भवन में उन्हें सैंतालीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति बोबड़े का कार्यकाल तेईस अ प्रैल दो हजार इक्कीस तक रहेगा सिंहदेव बिलासपुर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बिलासपुर में जल्द ही चालीस एकड़ जमीन पर नया सिम्स का निर्माण किया जाएगा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित इस संस्थान में कैंसर बर्न यूनिट सहित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी साथ ही आवासीय परिसर भी बनाया जाएगा जहां चिकित्सा स्टाफ सभी चिकित्सा के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी

यह निर्देश खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में धान खरीदी की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए उन्होंने अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर धान और वाहन की जब्ती करने के निर्देश भी दिए श्री भगत ने गरियाबंद महासमुंद रायगढ़ जशपुर बलरामपुर कोरिया राजनांदगांव और कबीरधाम में चेक पोस्ट बनाने के लिए कहा उन्होंने सार्वभौम वितरण प्रणाली के तहत एपीएल राशन कार्ड का वितरण पच्चीस नवंबर तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित पंद्रह सौ खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है एकलव्य विद्यालय प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालयों में कार्यरत् अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा आज मंत्रालय में आयोजित आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति संचालक मंडल की बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रे मसाय सिंह टेकाम ने सातवां वेतनमान प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया इससे अधिकारी और कर्मचारियों की लंबित मांग पूरी होगी और करीब दो सौ नौ कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा एकलव्य आदर्श विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को बारहवीं की परीक्षा के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डिस्ट्रि क्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान कटेकल्याण थाना क्षेत्र से दो जनमिलिशिया सदस्यों को गिर पतार किया गया इनके पास से एक टिफिन बम डेटोनटर इलेक्ट्र ॉनिक वायर और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है दीक्षांत समारोह नवा रायपुर रिथित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान में आज प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे उद्यमी बनें और छ त्त ी सगढ़ में ही स्व रोजगार स्थापित करें इससे छोटे छोटे उद्योगों को विकसित होने का मौका मिलेगा और दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा संस्थान नवाचार और रचनात्मक केन्द्र के रूप में उभरें समारोह के विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बने श्री बघेल ने कहा कि बेहतर तकनीक का उपयोग कर कृषि उपजों और वनोपजों से भी अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं समारोह में उनहत्तर विद्यार्थियों को बीटेक की डिग्री और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण तथा रजत पदक प्रदान किए गए कार्य क्र म में दिल्ली आईआईटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुरेन्द्र प्रसाद द्रि पल आईटी बोर्ड के अध्यक्ष अजय चौधरी प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और प्रोद्योगिकी कॉलेज के प्राध्यापक तथा विद्यार्थी शामिल हुए युवा उत्सव प्रदेश में युवाओं और लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जोड़ने और उन्हें मंच प्रदान करने के लिए इन दिनों विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में रायपुर बलरामपुर गरियाबंद बेमेतरा कोरबा और कांकेर जिले में युवा उत्सव का आयोजन किया गया इसके तहत छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य सहित सांस्कृतिक कार्य क्र म प्रस्तुत किए गए विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा

संस्कृति विभाग के मुक्ताकाशी मंच पर कल आखिरी दिन जबलपुर की संस्था समागम रंगमंडल के नाटक अगरबत्ती का मंचन किया गया कार्य क्र म के दौरान क्ल पांच नाटकों का मंचन हआ वहीं रंगमंच और सिनेमा पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई यह कार्य क्र म छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विज़ुअल आर्ट सोसायटी और संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया सोसायटी के अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने बताया कि अगले महीने हबीब तनवीर स्मृति नाट्य स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा

राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुजूर को सहकारिता आयुक्त बनाया है आज उन्होंने नवा रायपुर स्थित कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया